चौबीस अप्रैल से पांच मई के दौरान राज्य में रोजाना औसतन पन्द्रह हजार से सोलह हजार के बीच नये मामले सामने आ रहे थे वहीं बीती नौ मई को करीब नौ हजार और दस मई को लगभग बारह हजार नये मामले मिले हैं राज्य में पॉजिटिविटी दर जो तेईस अप्रैल को लगभग इकतीस प्रतिशत थी वो गिरकर करीब अट्ठारह प्रतिशत पर आ गई है रोजाना जितने लोगों की कोविड जांच होती है उनमें से कितने लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसे ही पॉजिटिविटी दर कहा जाता है अप्रैल में सौ में से इकतीस लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे वहीं अब यदि सौ लोग कोविड जांच कराते हैं तो उनमें से मात्र अट्ठारह लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं राज्य में कल दस मई को कोविड जांच का नया रिकॉर्ड बना कल एक ही दिन में करीब पैंसठ हजार सैम्पलों की जांच की गई इस बीच प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता भी बढ़ गई है इस समय राज्य में करीब ग्यारह हजार सात सौ सामान्य बिस्तर और लगभग छह हजार तीन सौ ऑक्सीजन युक्त बिस्तर खाली हैं वहीं सात सौ तिरासी आईसीयू बेड और लगभग तीन सौ वेंटिलेटर भी उपलब्ध है राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति भी काफी अच्छी है यहां रोजाना करीब एक सौ इकसठ मीटरिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है जबकि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता चार सौ साठ मीटरिक टन है इस बीच कल राज्य में करीब ग्यारह हजार आठ सौ नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले वहीं बारह हजार छह सौ से अधिक मरीजों को कल स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब एक लाख पच्चीस हजार है प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक ग्यारह लाख बयालीस हजार संदिग्ध मरीजों को दवाईयों की किट निःशुल्क रूप से प्रदान की गई है यह किट कोरोना लक्षण वाले व्यक्तियों को मितानिनों की मदद से बंटवाई जा रही है

इस केन्द्र में उन बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की कोविड के कारण मृत्यु हो गई है उधर महासमुंद जिले में भी ऐसे बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिले में ऐसी बालिकाओं के संरक्षण के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर को चिन्हांकित किया गया है वहीं बालकों को देखरेख संस्था में आश्रय दिलाने की व्यवस्था की गई है

उनका इलाज बिलासपुर के सिम्स में चल रहा था वहीं बीजापुर जनपद पंचायत की अध्यक्ष राधिका तेलम की भी कोविड के कारण मृत्यु हो गई है उनका इलाज जगदलपुर में चल रहा था इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों और ईदगाह कमेटी की प्रमुखों से अपील की है कि ईद उल फितर त्यौहार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों के कड़ाई के साथ पालन किया जाए नमाज़ के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में पांच से ज्यादा अफराद जमा न हों और आम जमाती ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों पर ही अदा करें साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दरगाह कब्रिस्तान आदि स्थानों में भीड़ एकत्रित न होने पाएं वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ईद उल फितर त्यौहार के दौरान लॉकडाउन संबंधी नियमों का यदि उल्लंघन होता है तो संबंधित मुतवल्ली जबावदेह माने जाएंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल पच्चीस लाख से अधिक टीके लगाए गए कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण तेजी पकड़ रहा है और लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने आ रहे हैं अब तक अट्ठारह से चवालीस वर्ष आयु वर्ग में पच्चीस लाख उनसठ हजार लाभार्थियों को पहला टीका लगाया गया है इस बीच छत्तीसगढ़ में अब तक कोविड वैक्सीन के करीब साठ लाख डोज लगाए जा चुके हैं राज्य में लगभग तीन लाख चालीस हजार स्वास्थ्य कर्मियों में से तीन लाख दो हजार को वैक्सीन लगा दी गई है इस तरह से करीब नब्बे प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लगा दिया गया है वहीं शत प्रतिशत अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को इसकी पहली खुराक दी जा चुकी है वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल प्रदेश में कोरोना जांच और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने बताया कि राज्य में अट्ठारह से चवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने के लिए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को पचहत्तर पचहत्तर लाख टीकों की आपूर्ति के लिए कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री ने इस महीने नौ लाख टीके मिलने की उम्मीद जताई हैं इस बीच भिलाई में ड्राईव इन वैक्सीनेशन की पहल को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है भिलाई के सेक्टर पांच में टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है जहां वरिष्ठ नागरिक अपनी कार में आकर वाहन में बैठे बैठे ही टीका लगवा सकते हैं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हए यह टीकाकरण कार्य शाम पांच बजे से रात्रि नौ बजे तक किया जा रहा है

जिले की कलेक्टर किरण कौशल ने राशन दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि दोपहर बारह बजे तक खाद्यान्न सामग्री का वितरण करने के बाद एक बजे वे अपने क्षेत्र के टीकाकरण केन्द्रों में पहुंच जाए और वहां राशन कार्डधारियों की पहचान के साथ ही उनके राशन कार्ड के आधार पर टीकाकरण कराने में सहयोग करें कलेक्टर ने इस वर्गों के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गांव गांव में जागरूकता अभियान भी चलाने के लिए कहा है उधर नारायणपुर में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने समाज प्रमुखों की बैठक लेकर उनसे ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाकों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैले हुए हैं उसे दूर कर लोगों को यह बताया जाए कि वैक्सीन लगवाने से आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है साथ ही उन्होंने समाज प्रमुखों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शासन के निर्देशानुसार वैवाहिक कार्यक्रमों में दस से अधिक लोग शामिल नहीं हों कोरोना डॉक्टर अपील इस बीच रायपुर के नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हो ये कोरोना जांच की रिपोर्ट आने तक अपने आपको कोरोना संक्रमित मरीज माने और होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करें उन्होंने यह भी कहा है कि जांच रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट रखें और चिकित्सकों की सलाह लें

राज्यपाल ने आज प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की वर्चुअल बैठक लेते हुए यह बात कही उन्होंने विश्वविद्यालय को ऐसे विद्यार्थियों का सर्वे करने का निर्देश दिया जिनके पालकगण का देहांत हो गया है या वे किसी प्रकार से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी को सूचीबद्ध किया जाए और उनकी शिक्षा जारी रहे इसके लिए उनकी मदद करने का प्रयास किया जाए साथ ही यदि इसके लिए शासन स्तर पर पहल की जरूरत हो तो राज्यपाल सचिवालय को सूचित किया जाएगा राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से वेबिनार का आयोजन विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीकों की जानकारी देने और फिर इन विद्यार्थियों को अपने मोहल्ले और आसपास के लोगों को जागरूक करने को भी कहा है कोरोना मदद छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने और कोविड इलाज के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठन भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में शिक्षा विभाग ने गाडाडीह स्थित कोविड सेंटर में पांच ऑक्सीजन सिलेंडर दस बेड सहित ऑक्सीमीटर और वॉटर फील्टर जैसी अन्य सामग्री उपलब्ध कराई है इसके लिए विकासखंड के शिक्षकों ने स्वैच्छिक रूप से राशि दान की यह सामग्री कोरोना संक्रमण के कारण जिन शिक्षकों की मृत्यु हो गई है उनकी याद में उपलब्ध कराई गई है उधर महासमुंद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने अपनी पार्षद निधि से जिला चिकित्सालय को तीन सौ पीपीई किट प्रदान किए हैं वहीं राजनांदगांव में महापौर हेमा देशमुख सामाजिक संगठनों की मदद से टीम बनाकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंद लोगों के घरों तक सूखा राशन और सब्जी पहंचा रही है मौसम छत्तीसगढ़ में मौसम में आए बदलाव ने मई के महीने में ही मानसून का अहसास करा दिया है राज्य के अट्ठाईस में से इक्कीस जिलों में बीते चौबीस घंटों के दौरान बारिश होने की खबर मिली है रायपुर दुर्ग महासमुंद सहित अनेक जिलों में घने बादल छाए और फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है अनेक स्थानों में तेज हवा चलने से बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है वहीं इस बे मौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है खेत में तैयार धान की फसल बारिश के कारण गिर गई है वहीं कटाई के बाद खलियानों मे रखा धान भी भीग गया है इसके कारण इसमें अंक्रण शुरू हो गया है बारिश की वजह से कटाई मिंजाई प्रभावित हुई है कांकेर क्षेत्र में बारिश के कारण आम की फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है तेज हवा के चलते कई पेड़ गिर गए और कुछ घरों के छप्पर भी उड़ने की खबर मिली है उधर कोरिया जिले में रेलवे ट्रैक पर ओएचई वायर टूटने से यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है महासमुंद जिले में आकाशीय बिजली गिरने की दो अलग अलग घटनाओं दो लोगों की मौत हो गई है इनमें से एक घटना बसना क्षेत्र के आमापाली गांव की है वहीं द्रसरी घटना तेंद्रकोना क्षेत्र में स्थित डोकरपाली गांव की है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हुई बे मौसम बारिश से फसलों के साथ ही अन्य क्षति का आंकलन करने और प्रभावित लोगों को तत्काल जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि तत्काल टीम का गठन कर सर्वे कराया जाए और राजस्व नियमों के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए वहीं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है इसके साथ ही एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है माओवादी समाचार कांकेर जिले में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी है यह घटना आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के पालुरमेटा गांव की है इसी जिले में एक नक्सल दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है इन दोनों पर करीब सात लाख रूपए का इनाम घोषित किया गया था इनके अनुसार उन्होंने माओवादियों की विचारधारा से मोहभंग होने के बाद समर्पण करने का निश्चिय किया इस बीच सुकमा जिले के चिंतलनार इलाके से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं नारायणपुर जिले में भी पुलिस ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है डीआरजी ने ईरकभट्टी गांव से इस माओवादी को पकड़ा है इस पर दस हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया था उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी कैम्प को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों ने गंगालूर थाना क्षेत्र में स्थित पालनार के जंगलों में इस माओवादी कैम्प पर धावा बोलकर इसे ध्वस्त किया यहां मिले दस्तावेजों के अनुसार बीते कुछ दिनों के दौरान कई माओवादियों की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है वहीं कई अन्य माओवादी इस समय बीमार चल रहे हैं उधर दंतेवाड़ा जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार फूड पॉइजनिंग और कोरोना संक्रमण की वजह से दस से अधिक माओवादी मारे गए हैं वहीं इस समय करीब सौ माओवादी कोरोना संक्रमित है संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले में बरौंदा बाजार स्थित शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से चार अपचारी बालकों के फरार होने की खबर मिली है ये चारों बालक कोविड पॉजिटिव थे और इन्हें एक ही कमरे में रखा गया था बीती रात ये चारों कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हो गए इनमें से दो बलौदाबाजार जिले के वहीं दो अन्य महासमुंद जिले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों से बीस मई तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं बोर्ड द्वारा जैव विविधता के चार विभिन्न क्षेत्रों में क्ल आठ प्रस्कार प्रदान किए जाएंगे व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के साथ पच्चीस हजार रूपए की राशि और संस्थाओं को पचास हजार रूपए की राशि दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग के रायपुर दुर्ग संभागीय कार्यालय ने बयानवे पदों पर स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के लिए पात्र अपात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है इस सूची को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है